नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री ने कहा लोगों ने एन डी ए को उसके प्रदर्शन के कारण जनादेश दिया कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी अध्यक्ष राहल गांधी के इस्तीफे का प्रस्ताव किया नामंजूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत का आधार सकारात्मक राजनीति विकास सुशासन और राष्ट्रवाद रहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग ने वरिष्ठ भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी को अपना नेता चुना है शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने नरेन्द्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन जनता दल युनाइटेड के नीतिश कुमार शिवसेना के उद्वव ठाकरे लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान तथा ऑल इंडिया अन्ना डीएमके नेता ई के पलनीसामी ने अनुमोदन किया प्रस्ताव का समर्थन करने वाले एनडीए के दूसरे नेताओं में नेशनलिस्ट डेमोकेट्रिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेफ्यू रियो तथा अन्य शामिल रहे इससे पहले नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से भाजपा संसदीय दल का नेता च्ना गया भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन राजनाथ सिंह ने किया अमित शाह ने बताया की कि लोकसभा के तीन सौ तिरपन सदस्यों ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है संसद के केंद्रीय कक्ष में एनडीए के नेताओं को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल और एनडीए का नेता चुने जाने पर आभार प्रकट किया भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से मुझे चुना एनडीए के भी सभी सांसदो ने और एनडी ए के सभी दलों ने भी इसका समर्थन किया और इसके लिए मैं अपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जनता ने भाजपा के कार्यों को देखकर इस सरकार को स्वीकार किया है उन्होंने कहा कि राष्ट्र कड़ी मेहनत और ईमानदारी को पुरस्कृत करता है और यह इस देश की ताकत है नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारी जनादेश जिम्मेदारी बढ़ा देता है एनडीए एक नई यात्रा पर निकला है उन्होंने कहा कि एनर्जी और सिनेर्जी एनडीए की दो मुख्य विशेषताएं हैं तथा इसमें शामिल सभी पार्टियों को कंघे से कंधा मिलाकर चलना होगा

समभाव भी और ममभाव भी ये समभाव और ममभाव का वातावरण ये समता और ममता का वातावरण इसने इस चुनाव को एक नई ऊंचाई दी है और इसलिए शायद भास्त के लोकतान्त्रिक जीवन में चुनावी परंपरा में देश की जनता ने एक नए युग का आरंभ किया है और हम सब उसके साक्षी है श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत में यह पहला अवसर है जब इतनी बड़ी संख्या में महिला संसद च्नकर आई हैं और यह महिला सशक्तीकरण से ही संभव हुआ है नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेताओं के एक प्रतिनिधिमण्डल ने कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट कर के नई सरकार के गठन का दावा पेश किया नरेंद्र मोदी ने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा हम लोगों को किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए उन्होंने कहा कि हमें अल्यसंख्यकों का विश्वास जीतना होगा जिनकी पूर्व में अनदेखी की गई है और उनका उपयोग चुनाव में केवल वोट बैंक के रूप में हुआ है श्री मोदी ने कहा कि जिस तरीके से गरीबों को ठगा गया उसी तरह अल्पसंख्यकों को भी ठगा गया उन्होंने कहा कि यह अच्छा होगा अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाए नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का एक नया नारा दिया दुर्भाग्य से इस देश की मायनोरिटी को उस छल में उस छलावे में ऐसा श्रमित रखा गया है उसे भयभीत रखा गया है अच्छा होता उसकी शिक्षा की व्यक्स्था होती अच्छा होता समाज के अन्य वर्गो में बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक कात्पनिक भय और डर का माहौत पैदा कर करके उनको दूर भी रखा दबाकर के भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला

श्री मोदी ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता ने सत्ता के पक्ष में मतदान किया है और इसका परिणाम सकारात्मक जनादेश के रूप में सामने आया है इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि यह ऐतिहासिक जनादेश है और राष्ट्र ने अपने सभी भागों से एनडीए और नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है अमित शाह ने कहा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी की संकल्पना में विश्वास करती है और पहली बार इस चुनाव में जातिवाद वंशवाद और तुष्टिकरण मुद्दा हावी नहीं हो सका भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए ने पिछले पांच साल के दौरान सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ राष्ट्र की सेवा की है मोदी जी ने पांच साल के अंदर नए भारत की एक कल्पना लोगों के सामने रखी है और पांच साल के अंदर अथक परिश्रम में सबको साथ में लेकर नए भारत की नींव डालने का काम किया है कांग्रेस कार्य समिति ने हाल के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश को नामंजुर कर दिया है कल नई दिल्ली में कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि राहुल गांधी ने त्याग पत्र देने की पेशकश की थी लेकिन कार्य समिति ने सर्वसम्मति से उसे अस्वीकार कर दिया कार्य समिति ने राहल गांधी से सैद्वांतिक लड़ाई लड़ने और देश के युवाओं तथा किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए पार्टी का नेतृत्व और मार्गदर्शन जारी रखने का अनुरोध किया एक प्रस्ताव में कार्य समिति ने देश की जनता के जनादेश को स्वीकार किया और कहा कि कांग्रेस रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्व है मुख्य निर्वाचन आयक्त सुनील अरोड़ा के साथ निर्वाचन आयक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्र ने कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर के लोकसभा चुनाव में विजयी उम्मीदवारों की सूची सौंपी राष्ट्रपति ने निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने पर उन सभी को बधाई दी राष्ट्रपति ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग उसके अधिकारियों अन्य कर्मचारियों पुलिस तथा सुरक्षाकर्मियों के प्रयासों की सराहना की है राष्ट्रपति ने निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर करोड़ों मतदाताओं की भी सराहना की प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संसदीय चुनाव में भाजपा की शानदार विजय के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रभावी नेतृत्व और अमित शाह के सांगठनिक कौशल को पूरा श्रेय दिया जाना चाहिये श्री योगी ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के मतदाताओं ने जाति आधारित अंकगणित वाले गठबंधन की नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत का आधार सकारात्मक राजनीति विकास सुशासन और राष्ट्रवाद रहा

हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज दो हज़ार उन्नीस के लिये प्रदेश के लखनऊ वाराणसी और दिल्ली उड़ान स्थलों से जाने वाले हज यात्रियों की उड़ानों का कार्यक्रम जारी कर दिया है राज्य हज समिति के सचिव विनीत कुमार श्रीवास्तव ने लखनऊ में बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आजमीन ए हज दिल्ली से रवाना होंगे जिनकी पहली फ्लाईट चार जुलाई से शुरू होगी और अट्ठारह जुलाई तक जारी रहेंगी इसी तरह मध्य उत्तर प्रदेश के हज यात्री लखनऊ उड़ान स्थल से रवाना होंगे इनकी उड़ान बीस जुलाई से गुरू होकर पांच अगस्त को खत्म होगी जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के हज यात्री वाराणसी उड़ान स्थल से रवाना होंगे इनकी उड़ान उन्तीस जुलाई से शुरू होकर चार अगस्त तक जारी रहेगी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने देश में निर्मित पांच सौ किलोग्राम श्रेणी के लक्षित बम का सफल परीक्षण किया है यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में सुखोई लड़ाकू जेट से किया गया रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में बताया कि इस मिशन के समी उद्देश्य और लक्ष्य पूरी तरह सफल रहे भारतीय वायर्सना द्वारा सुखोई जेट से सुपर सोनिक ब्रह्मोस क्रज मिसाइल के हवाई मॉडल के सफल परीक्षण के दो दिन बाद लक्षित बम का सफल परीक्षण किया गया यह बम विभिन्न प्रकार के हथियारों को लेकर काम करने में सक्षम है ढाई टन वजन की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल की मारक क्षमता लगभग तीन सौ किलोमीटर है उधर वायु सेना के रूस में बने एएन बत्तीस विमान को औपचारिक रूप से मिश्रित ईंधन से उड़ान के लिए प्रमाणित कर दिया गया है इस ईंधन में दस प्रतिशत स्वदेशी बायो जेट ईंधन का मिश्रण होगा